रायपुर में नये मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से जारी यह समारोह साईंस कॉलेज मैदान में होगा प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान लागू आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से समाप्त

कांग्रेस बैठक छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री के नाम की औपचारिक घोषणा कल रायपुर में कांग्रेस के नव निर्वाचित विधायकों की बैठक में की जाएगी पार्टी पर्यवेक्षक मल्लिकार्जन खड़गे नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान करेंगे मिली जानकारी के अनुसार श्री खड़गे और पीएल पुनिया सहित पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता कल नई दिल्ली से रायपुर आएंगे और उसके बाद कांग्रेस विधायक दल की बैठक आयोजित की जाएगी इससे पहले मुख्यमंत्री के नाम का फैसला आज नई दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहल गांधी के निवास में हई बैठक में ले लिया गया है इस बैठक में पार्टी पर्यवेक्षक मल्लिकार्जुन खड़गे प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया के अलावा राज्य के वरिष्ठ कांग्रेस नेता ताम्रध्वज साहू टीएस सिंहदेव भूपेश बघेल और डॉक्टर चरणदास महत शामिल हुए इन नेताओं को राहुल गांधी ने आज दिल्ली बुलाया था ये सभी नेता आज दोपहर विमान से नई दिल्ली पहुंचे आज राजधानी में कोहरे की वजह से उनका विमान चार घंटे विलंब से दिल्ली के लिए रवाना हुआ जिसके कारण आज सुबह होने वाली यह महत्वपूर्ण बैठक दोपहर बाद ही शुरू हो पाई इससे पहले पर्यवेक्षक मल्लिकार्जुन खड़गे ने रायपुर में सभी विधायकों से हुई बातचीत के आधार पर बनाई गई रिपोर्ट को कल शाम नई दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी को सौंपा

यह समारोह साईस कॉलेज मैदान में होगा हालांकि अभी तारीख की घोषणा नहीं की गई है समारोह के लिए तीन मंच बनाए जा रहे हैं जिनमें एक मुख्य मंच होगा जहां राज्यपाल आनंदीबेन पटेल नये मुख्यमंत्री को शपथ दिलाएंगी समारोह में पार्टी के वरिष्ठ राष्ट्रीय नेताओं के अलावा कांग्रेस शासित अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों के आने की संभावना जताई जा रही है

शपथ ग्रहण समारोह राजधानी भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में होगा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कल पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ कई घंटों के विचार विमर्श के बाद मुख्यमंत्री पद के लिए कमलनाथ के नाम की घोषणा की कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक बहत्तर वर्षीय श्री कमलनाथ के साथ एक दर्जन से अधिक मंत्री शपथ ग्रहण कर सकते हैं वहीं राजस्थान की कमान एक बार फिर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत संभालेंगे वे दो बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुके हैं श्री गहलोत के नाम की घोषणा आज नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई पूर्व केंद्रीय मंत्री सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं उधर मिजोरम में जोरम थंगा के नेतृत्व में मिजो नेशनल फ्रंट सरकार कल शपथ लेगी

राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति के संबंध में विधानसभा सचिवालय संसदीय कार्य विभाग मंत्रालय और अटल नगर को इस जानकारी से अवगत करा दिया है वहीं प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान लागू आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से समाप्त हो गई है भारत निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को पत्र जारी कर दिया है गौरतलब है कि बीते छह अक्टूबर को विधानसभा निर्वाचन के कार्यक्रम की घोषणा होने के साथ ही प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई थी मतदाता सूची प्रशिक्षण प्रदेश में अब लोकसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करने का कार्य शुरू होने जा रहा है आगामी छब्बीस दिसंबर से मतदाता सूची के विशेष प्रनरीक्षण का काम शुरू होगा वहीं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा मतदाता सूची के प्रकाशन से पहले संबंधित अधिकारियों को आज रायपुर में प्रशिक्षण दिया गया इसमें रायपुर के अलावा दुर्ग महासमुंद सहित तीस विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी सहायक निर्वाचक बूथ स्तरीय अधिकारियों तथा मास्टर ट्रेनरों ने हिस्सा लिया यहां से प्रशिक्षण लेने के बाद ये अधिकारी आगामी उन्नीस से तेईस दिसंबर तक अपने अपने जिलों में विधानसभावार प्रशिक्षण देंगे कल बिलासपुर में ऐसा ही प्रशिक्षण शिविर लगाया जाएगा जिसमें बिलासपुर कोरबा रायगढ़ जशपुर सूरजपुर बलरामपुर सरंगुजा और कोरिया जिले के विधानसभा क्षेत्र के अधिकारी शामिल होंगे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने बताया कि रायपुर में आगामी सत्रह दिसंबर को भी यह प्रशिक्षण दिया जाएगा इसमें बस्तर संभाग के अलावा जांजगीर चांपा कबीरधाम गरियाबंद धमतरी महासमुंद और बालोद जिले के अधिकारी हिस्सा लेंगे

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अरबों रूपये के इस सौदे में निर्णय लेने की प्रक्रिया पर आशंका नहीं की जा सकती पीठ ने यह भी कहा कि किसी निजी पक्ष के साथ व्यापारिक पक्षधरता करने का कोई ठोस सबूत भी उपलब्ध नहीं है शीर्ष न्यायालय ने कहा कि लड़ाकू विमानों की देश को आवश्यकता है और इनके बिना काम नहीं चलाया जा सकता न्यायालय ने यह भी कहा कि वह सरकार को एक सौ छब्बीस या छत्तीस लडाक विमान खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकता फैसले में कहा गया कि रफाल विमानों की खरीद मूल्य निर्धारण और ऑफसैट भागीदार के मुद्दे पर हस्तक्षेप करने का कोई ठोस आधार नहीं मिला है इस फैसले के बाद आज नई दिल्ली में पत्रकारों से चर्चा करते हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने आरोप लगाया कि देश की सबसे पुरानी पार्टी ने झूठ के सहारे लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष ने अपनी पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए झूठ की एक नई राजनीति शुरू की है भाजपा अध्यक्ष ने मांग की कि लोगों को गुमराह करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए भाजयुमो बैठक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह कल नई दिल्ली में यूवा मोर्चे के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक लेंगे बैठक को राष्ट्रीय महामंत्री संगठन रामलाल जी भी संबोधित करेंगे इसमें भारतीय जनता युवा मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूनम महाजन उपस्थित रहेंगी बैठक में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विजय शर्मा दिल्ली रवाना हो गए हैं उनके अलावा जिला अध्यक्ष और प्रदेश पदाधिकारी भी बैठक में भाग लेंगे माओवादी गिरफ्तार नारायणपुर जिले में सुरक्षा बलों ने एक इनामी माओवादी को गिरफ्तार किया है डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी के जवान तुमरादी के जंगल में गश्त पर निकले हुए थे तभी इस माओवादी को घेराबंदी कर पकड़ लिया गया इस पर सोनपुर में एक ग्रामीण की हत्या करने का आरोप है और पुलिस ने इस माओवादी पर एक लाख रूपये का इनाम घोषित किया था वहीं दंतेवाड़ा जिले के किरंदुल इलाके से भी पुलिस ने एक लाख रूपये के इनामी माओवादी को गिरफ्तार किया है पुलिस ने सर्चिंग के दौरान इस माओवादी को हिरासत में लिया जिस पर कई संगीन मामलों में शामिल होने का आरोप है विधानसभा निर्वाचन अनुग्रह राशि छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दौरान माओवादी घटना में शहीद हुए जवानों दूरदर्शन के कैमरामैन और आम नागरिकों के आश्रितों को निर्वाचन आयोग की तरफ से बीस लाख रूपए तथा घायलों को दस दस लाख रूपए दिए जाएंगे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साह ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने अब तक तीन करोड़ दस लाख रूपए जारी कर दिए हैं उन्होंने बताया कि अनुग्रह राशि के कुछ ही मामले शेष हैं जिनका निपटरा जल्द करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं श्री साहू ने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा दी जा रही यह अनुग्रह राशि शासन द्वारा दी जाने वाली अन्य सहायता से अलग है उद्यानिकी फसल बीमा रायपुर जिले में उद्यानिकी फसलों की खेती करने वाले किसान अपनी फसल का बीमा इकतीस दिसंबर तक करा सकते हैं रबी मौसम में रायपुर जिले में छह उद्यानिकी फसलों को बीमा की श्रेणी में लाया गया है इनमें टमाटर बैगन फूलगोभी पत्तागोर्भी प्याज और आलू शामिल हैं उद्यानिकी फसलों की खेती करने वाले ऋणी और अऋणी दोनों प्रकार के किसान बीमा योजना का लाभ ले सकते हैं संक्षिप्त समाचार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने ओमप्रकाश बाजपेयी के स्थान पर हेमंत पोयाम को छत्तीसगढ़ का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है वहीं दाऊराम रत्नाकर को प्रदेश प्रभारी बनाया गया है विधायक इंदु बंजारे को प्रदेश कार्यकारिणी में भी शामिल किया गया है छत्तीसगढ़ में बनी हिन्दी फिल्म कठोर को खजुराहो फिल्म महोत्सव के लिए चुना गया है इसके निर्माता रवि शुक्ला और निर्देशक करण कश्यप है इसमें बिलासपुर के कलाकारों ने प्रमुख भूमिका अदा की है यप्र के स्वामी विवेकानंद विमानतल में पुलिस ने मुंबई के एक सराफा कारोबारी के पास से तीन किलो सोना बरामद किया है कस्टम अधिकारी संबंधित कारोबारी से पूछताछ कर रहे हैं राजनांदगांव जिले के ट्रांसपोर्ट नगर के पास ट्रक और दो अन्य गाड़ियों में हुई टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि तीन अन्य घायल हो गए हैं